इसमें स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन विदेश मंत्री एस जयशंकर गृह राज्यमंत्री जी किशन रेड्डी और नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप पुरी शामिल हैं चिकित्सा विशेषज्ञों का कहना है कि हाथ साफ करने और खांसते समय टिश्यू पेपर या रूमाल जैसे आसान एहतियात बरत कर कोरोना वायरस के संक्रमण से बचा जा सकता है अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स नई दिल्ली के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने बताया कि इस वायरस के लक्षण आम फ्लू की तरह होते हैं जिसमें मरीज को सर्दी जुकाम बुखार नजला खांसी जैसी परेशानियां होती हैं उन्होंने कहा कि अगर कोई व्यक्ति चीन से वापस लौटा है तो उसे एहतियात के तौर पर आईसोलेशन वार्ड में रहना चाहिए उन्होंने लोगों को सलाह दी कि खांसते और छींकते समय मुंह पर रूमाल अथवा टिश्यू पेपर जरूर रखें उधर केरल में कोरोना वायरस से संक्रमण के तीसरे मामले की पुष्टि हुई है वायरस से संक्रमित मरीज को अस्पताल के अलग वॉर्ड में रखा गया है स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि मरीज की हालत स्थिर है और उसकी बारीकी से निगरानी की जा रही है रोगी ने चीन की यात्रा की थी उधर चीनी पर्यटकों का एक दल कल कृशीनगर पहुंचा जहां स्वास्थ्य विभाग ने दल में शामिल सभी एक सौ बत्तीस पर्यटकों के स्वास्थ्य की जांच की जिला मलेरिया अधिकारी एसएन पाण्डेय ने बताया कि सभी चीनी पर्यटक स्वस्थ हैं उन्हें एहतियात के तौर पर मास्क लगाकर बाहर निकलने की सलाह दी गई है इस बीच चीन की यात्रा न करने की सलाह का नया यात्रा परामर्श जारी किया गया है पंद्रह जनवरी के बाद से चीन की यात्रा करने वाले या वहां से आने वाले लोगों को अलग निगरानी केन्द्रों में रखा जा सकता है चीन के पासपोर्टघारकों के लिए ई वीजा सुविधा अस्थाई रूप से निलंबित कर दी गई है चीन से व्यक्तिगत रूप से ऑनलाइन वीजा आवेदन की सुविधा भी निलंबित कर दी गई है चीन के नागरिकों के लिए पहले जारी किए जा चुके वीजा अस्थाई रूप से वैध नहीं रहे अत्याधिक जरूरत पड़ने पर भारत यात्रा के इच्छक लोग पेइचिंग में भारतीय दूतावास या शंघाई और गुआंगझो में भारतीय महावाणिज्य दूतावास से सम्पर्क कर सकते हैं राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा है कि राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी युवाओं में भाईचारा अनुशासन नेतृत्व और देशप्रेम जैसे भावों को विकसित करने का कार्य करता है श्रीमती पटेल ने नई दिल्ली में गणतंत्र दिवस पर आयोजित परेड में शामिल होकर लौटे एनसीसी कैडेट्स को आज लखनऊ में सम्मानित किया इस अवसर पर अपने सम्बोधन में उन्होंने कहा कि एनसीसी प्रशिक्षण के साथ साथ युवाओं को समाजसेवा के अभियानों में भी महत्वपूर्ण योगदान के लिए प्रशिक्षित करता है उन्होंने कहा कि युवाओं को अनुशासित होकर आत्मविश्वास के साथ चुनौतियों का सामना करना चाहिए इस अवसर पर प्रदेश एनसीसी के महानिदेशक मेजर जनरल राकेश राणा भी उपस्थित थे राजधानी लखनऊ में पांच से नौ फरवरी तक आयोजित होने वाली ग्यारहवीं रक्षा प्रदर्शनी की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इस ट्विवार्षिक आयोजन का उद्घाटन ब्धवार को करेंगे इस पांच दिवसीय आयोजन में देश के अंतरिक्ष रक्षा और अन्य सुरक्षा सम्बंधी उपलब्धियों का प्रदर्शन किया जायेगा रक्षा प्रदर्शनी दो हजार बीस का विषय है भारत एक उमरता हुआ रक्षा विनिर्माण केन्द्र रक्षा प्रदर्शनी का उदेश्य रक्षा क्षेत्र की प्रमुख तकनीकों को एक मंच पर लाकर सरकार निजी उत्पादकों और स्टार्ट अप के लिये अवसर मुहैया कराना है रक्षा प्रदर्शनी में शामिल होने के लिये एक सौ पैंसठ विदेशी कम्पनियों सहित कुल नौ सौ नवासी कम्पनियों ने पंजीकरण कराया है यह संख्या अब तक आयोजित सभी रक्षा प्रदर्शनी में सबसे अधिक है पिछली रक्षा प्रदर्शनी चेन्नई में आयोजित की गयी थी प्लिस ने प्रदेश में नागरिकता संशोधन अधिनियम के विरोध में पिछले चार दिनों में पॉप्लर फ्रंट ऑफ इंडिया से जुड़े एक सौ आठ लोगों को गिरफ्तार किया है

इस संगठन के बारे में और भी जानकारी इक्ट्वा की जा रही है इनके फाइनॅशिएयल ट्रांजेक्शन्स की भी जानकारी ली जा रही है और इसमे केंद्रीय एजेंसीज का भी सहयोग लिया जा रहा है पिछले वर्ष दिसम्बर में संशोधित नागरिकता कानून के खिलाफ हुए प्रदर्शनों में इस संगठन की संदिग्ध भागीदारी को देखते हुए उत्तरप्रदेश पुलिस ने इस पर प्रतिबंध लगाने की मांग की थी बलरामपुर में सघन टीकाकरण अभियान मिशन इंद्रधनुष के दूसरे चरण के अंतर्गत गांव जोकाहिया में विधायक कैलाशनाथ शुक्ल ने आज टीकाकरण शिविर का उद्घाटन किया उन्होंने टीकाकरण से छूटे परिवारों से अपील की कि वे अपने बच्चों को जानलेवा बीमारियों से बचाने के लिए टीकाकरण अवश्य कराएं स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव में घर घर जाकर लोगों से संपर्क कर उन्हें टीकाकरण के लिए प्रेरित कर रही है